इस विलय से बनने वाला बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक होगा वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस विलय से बैंक की गतिविधियों में इजाफा होगा और किसी भी कर्मचारी की मौजूदा स्थिति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा पेंशन अदालत प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय पेंशन अदालत का शुभारंभ करेंगे

विपिन सिंह परमार ने कहा कि इस अस्पताल का दर्जा बढ़ने से यहां आने वाले मरीजों को अब बिस्तरों की कमी नहीं होगी और उनका बेहतर ढंग से उपचार हो सकेगा उधर थ्ररल क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री का धन्यवाद किया है बैंकर समिति राज्य स्तरीय बैंकर समिति की एक बैठक कल शिमला में हुई जिसमें प्रदेश में बैंकिंग क्षेत्र की त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा की गई वित्त सचिव अक्षय सूद ने इसकी अध्यक्षता करते हुए क्रेडिट जमा अनुपात के सुधार पर बल दिया उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने युवा उद्यमियों के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और मुख्यमंत्री आजीविका योजना शुरू की है भारतीय रिज़र्व बैंक के महाप्रबंधक के सी आनंद ने बैंकों से ज़मीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने की ज़रूरत पर बल दिया ताकि बैंकिंग सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाया जा सके लायल उत्सव जनजातीय ज़िले लाहौल स्पिति के सिस्सू में कल लायुल उत्सव द मिलन के रूप में मनाया गया इस मौके उपमंडलाधिकारी अमर नेगी ने कहा कि रोहतांग सुरंग बनने से घाटी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इससे युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर भी मिलेंगे उत्सव आयोजन समिति के संयोजक रिगजिन हायरप्पा ने बताया कि रोहतांग सुरंग के दोनों छोर जुड़ने की खुशी में पिछले वर्ष से इस उत्सव की शुरूआत की गई अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचारपत्रों ने पूर्व मुख्य सचिव पी मित्रा से विजिलेंस द्वारा की गई पूछताछ से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित किया है

अमर उजाला के शब्द हैं राज्य च्नाव आयुक्त मित्रा से सवा छह घंटे तक प्रछताछ विजिलेंस ने बिचौलियों से भी की पूछताछ पंजाब केसरी की सुर्खी है राज्य चुनाव आयुक्त पी मित्रा से छह घंटे पूछताछ सभी आरोप नकारे धर्मशाला में जवान द्वारा दो साथियों की हत्या सम्बंधी खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है दिव्य हिमाचल का शीर्षक है मैकलोडगंज में दो फौजियों की हत्या कर जवान ने खुद को मारी गोली दैनिक भास्कर की सुर्खी है जवान ने सो रहे दो साथियों पर किये नौ फायर फिर सुसाइड अमर उजाला के मुताबिक छुट्टी न मिलना मानी जा रही वजह दैनिक जागरण के शब्द हैं जवान ने दो साथियों की हत्या कर दी जान दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक दो साथियों को गोली मार फौजी ने खुद को उड़ाया नशे पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लागू अफसर हो जाएं सचेत शीर्षक से अमर उजाला लिखता है मुख्यमंत्री ने सचिवालय में सभी जिलों के डीसी एसपी की ली मैराथन बैठक इसी खबर पर आपका फैसला लिखता है उपायुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को सही फीडबैक का हो नियमित संवाद राधाअष्टमी पर एक लाख ने लगाई आस्था की डूबकी दिव्य हिमाचल की खबर है दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है मणिमहेश यात्रा के दौरान एक और श्रद्धाल् की मौत

स्वरोजगार के लिये कर्ज देने को उम्र का दायरा बढ़ाएगी सरकार अमर उजाला की खबर है अब एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय बेलगाम माफिया में लिखा है कि प्रदेश में माफिया के बढ़ते कदमों को रोकने के लिये पुलिस व वन विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ लोगों को भी सहभागिता निभानी होगी हिमाचल दस्तक ने अपने सम्पादकीय में प्रदेश में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिये खस्ताहाल सड़कों को द्रुस्त करने के साथ ही ब्लेक स्पॉट्स को भी जल्द सुधारने की सलाह दी है शीर्षक है खस्ताहाल सड़कें बढ़ते हादसे दिव्य हिमाचल ने अपने सम्पादकीय इरादों की पूंजी का निवेश में लिखा है कि हिमाचल के प्रमुख शहरों में निजी अस्पताल व स्कूलों को जमीन उपलब्ध करवाकर निवेश आमंत्रित करे तो जनविश्वास के धरातल पर उपयोगिता सिद्ध होगी